यह लाइन जनकपुरी पश्चिम को बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से जोड़ती है प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उदघाटन किया देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रूपे डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे वर्च्अल माध्यम से समारोह को संबोधित करते हए श्री मोदी ने कहा कि सरकार तेजी से शहरीकरण के जरिये चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि यह भविष्य की जरूरतों के लिए शहरों का विकास करने का प्रयास है

गौरतलब है कि पहली किसान रेल इस साल सात अगस्त को शुरू की गई थी

इस अवसर पर सभी जिला ब्लॉक और नगर मुख्यालयों पर तिरंगा यात्रा और संगोष्ठियों का भी आयोजन किया जा रहा है स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर जनता के साथ मजबूती से खड़ी है

वहीं कल से श्रीगंगानगर से हरिद्वार के बीच चलने वाली ट्रेन को आंशिक रदद रहेगी बीकानेर रेल मंडल के मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि ये रेल सेवा हरिद्वार और सहारनपुर के बीच रदद रहेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वरिष्ठ भाजपा नेता अरूण जेटली की जयंती पर आज उनका स्मरण किया है अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि अरूण जेटली एक ख्शमिजाज प्रतिभाशाली और जाने माने कानूनविद थे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अरूण जेटली की जयंती पर उन्हें नमन किया है प्रदेश में कड़ाके की सर्दी ने फिर जोर पकड़ लिया है

आज वहां माइनस दो डिग्री सैल्सियस न्यूनंतम तापमान दर्ज किया गया जबकि मैदानी इलाको में चूरू शून्य दशमलव छह डिग्री सैल्सियस के साथ सबसे सर्द स्थान रहा

हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे ने असर दिखाना शुरू कर दिया है